पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी समेत एक सौ बावन लोगों की मौत कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो रहा है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोहराया है कि सरकार का प्रत्येक संगठन देश में कोविड स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर तेजी से कार्य कर रहा है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 श्री मोदी ने देश में कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह बात कही एक रिपोर्ट बाईट अलका मंत्रिमंडल ने इस बात पर ध्यान दिया कि वर्तमान महामारी का संकट सदी में एक बार होने वाला संकट है और इसने विस्प के सम्रष्ट बड़ी चुनौती उत्पन्न की है बैठक के दौरान कोविड महामारी से निपटने में केन्द्र राज्य सरकारो और जनता के सामूहिक प्रयासों पर आयारित भारत सरकार भी की

अनाज के प्रावधान के रूप में संवेदनशील जनसंख्या की सहायता तथा जनधन खाता धारको को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने जैसे उपायों का भी उत्त्लेख किया गया बैठक में यह भी बताया गया कि भारत ने दो वैक्सीन सफलतापूर्वक बनायी और कई वैक्सीन अनुमति तथा परिसण के विभिन्न चरणों में हैं अब तक पन्द्रह करोड से अधिक टीके लगाये गये हैं नत्रिमंडल ने कोविड उपयुक्त व्यवसर के महत्व पर भी बेल दिया इसके अन्तर्गत मास्क लगाने छह फुट की सुरक्षित दूरी बनाये रखने और बार हाथ धोने पर बल दिया गया मंत्रिमंडल ने कहा कि समाज की भागीदारी इस भगीरथ प्रयास को सफल बनाने का मुंख्य पहलू है

समाचार का से अलका सिंह राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से मौत होने पर सरकारी कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि कोविड उन्नीस संक्रमितों के इलाज में लगे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी की संक्रमण से मौत होती है तो उनके परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन दी जायेगी साथ ही उनके आश्रितों को नौकरी भी दी जायेगी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में रिकार्ड पन्द्रह हजार आठ सौ तिरपन नये मामले सामने आयें इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार लाख सत्तर हजार तीन सौ सत्रह हो गयी है सबसे अधिक दो हजार आठ सौ चौवालीस मामले पटना जिले से आये हैं इसके बाद गया में एक हजार दो सौ तीन नालंदा में आठ सौ इक्यासी बेगूसराय में सात सौ छियासी मुजफ्फरपुर में छह सौ अड़तीस पूर्णिया में छह सौ तेरह पश्चिम चंपारण में पांच सौ तिहत्तर और समस्तीपुर में पांच सौ नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा भी अन्य जिलों से कोरोना संक्रमण के मामले प्रकाश में आये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में ग्यारह हजार एक सौ चौरानवे कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तीन लाख बासठ हजार तीन सौ छप्पन हो गयी है वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख पांच हजार चार सौ है कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटक सतहत्तर दशमलव शून्य पांच प्रतिशत हो गयी है प्रदेश में अब तक दो करोड़ चौसठ लाख तैंतीस हजार आठ सौ नब्बे कोरोना नमूनों की जांच की गयी है इधर पिछले चौबीस घंटों में देश भर में कोविड के चार लाख एक हजार नये मामले सामने आये हैं देश में सक्रिय मामलों की संख्या बत्तीस लाख के पार हो चुकी है कोरोना संक्रमण से सीवान से राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी समेत एक सौ बावन लोगों की मौत हो गयी मोहम्मद शहाबुद्दीन दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में कोविड संक्रमित होने के बाद भर्ती थे शहाबुद्दीन हत्या के एक मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे इधर हरिनारायण चौधरी कोरोना संक्रमित होने के बाद पटना आईजीआईएमएस में भर्ती थे उन्होंने कल देर रात आखिरी सांस ली वे समस्तीपुर जिले के स्थानीय प्राधिकार कोटे से भाजपा के विधान पार्षद थे टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में कल चौहत्तर हजार छह सौ चौदह लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाये गये इनमें बयालीस हजार पांच सौ तीस व्यक्तियों को टीके की पहली डोज जबकि बत्तीस हजार चौरासी व्यक्तियों को दूसरी डोज दी गयी राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार अब तक इकहत्तर लाख तिरपन हजार नौ सौ व्यक्तियों को कोरोना से रोकथाम के टीके लगाये जा चुके हैं राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को अधिकतम तीस फीसदी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडेक्शन प्रमोशन पॉलिसी दो हजार इक्कीस को मंजूरी दे दी है उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अधिसूचना जारी होने की तारीख से यह नीति लागू हो जायेगी उन्होंने बताया कि क्रायोजेनिक ऑक्सीजन संयंत्र तरलीकृत मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट लगाने और उससे जुड़ी अन्य सहायक उपकरणों पर सरकार अधिकतम तीस प्रतिशत सब्सिडी देगी केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में जूटी हुई है सरकार ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि अब तक तेईस राज्यों को आठ हजार पांच सौ तिरानवे मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सा ऑक्सीजन आवंटित की गई है

श्री अग्रवाल ने कहा कि बावन प्रेशर स्विंग एडसोर्पशन प्लांट लगा दिए गए हैं जिनसे अस्पताल ऑक्सीजन बना सकेंगे उन्होंने कहा कि राज्यों में स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं

अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की अधिक मांग के बीच केन्द्र सरकार ने राज्यों को ऑक्सीजन के उचित उपयोग की सलाह दी है गृह मंत्रालय में अपर सचिव ने बताया कि नौ महीनों के अंदर ही चिकित्सा ऑक्सीजन का दैनिक उत्पादन छह हजार मीट्रिक टन से बढा कर नौ हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है उन्होंने कहा कि राज्यों को रोजाना साढ़े सात हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में तरल ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए उन्होंने कहा कि हल्के लक्षणों वाले मरीजों का घर में ही पृथकवास में उपचार किया जाना चाहिए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यदि दिन में चार बार पैरासिटामोल की अधिकतम खुराक लेने पर भी बुखार न उतरे तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए

उससे कम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करे और दूसरी कोई दवाई जिस्से बुखार कम हो सकता है जिसको हम कहते है नॉन स्ट्रीआयड्स एंटी इनफ्लेमेट्री ड्रग जैसे प्रोक्सॉन है इव्यूडएसिक है उस टाइप की दवाई भी ले सकते हैं जिससे आपका दुखार कम हो जाए क्यॉकि कई मरीज ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पेरासिटामोल से उनका बुखार नीचे नहीं आ रहा

हम यह भी एडयाइज करते हैं कि आइयर मैक्टीन जो एक दयाई है यो रोज एक गोली ले सकते है तीन से पांच दिन के लिए इस दयाई की रिकमंडेरान बेस्ड ऑन डिस्करान वीद द नेशनल टॉस्क फोर्स और ज्वाइंट मॉनिटरिंग युप की मीटिंग में हुआ था जिन्होंने सारा डेटा इवेल्यूएट करके यह पाया था कि शायद इस दवाई से थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है और इसलिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में डाली गई हैं रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें क्योंकि यह हानिकारक हो सकती है

उस दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स हैं उसके अपने इंडिकेशन हैं इसलिए यो घर पर विल्कूल इंडिकेटेड नहीं हैं और इसलिए मैं यही फिर से यह कहना चाहूंगा कि लास्टटाइम यही कहा था रेमडेसिविर जो है यो होम बेस के लिए होम आइसोलेरान माइल्ड और ए सिम्टोमेटिक्स पेसेंट के लिए बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है उससे नुकसान भी हो जाता है इसलिए घर पर रेमदेसियिर बिल्कुल न तें अगर आपको लगे कि आपको सैघूरेदान जो है यो कम हो रही है

आप खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं तो एकदम डॉक्टर से कंसल्ट करें यो बहुत जरूरी है जिससे आपको समय पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा और अगर एडमिशन की जरूरत है तो समय पर ट्रीटमॅट हो जाएगा मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में बने चक्रवात के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में चार मई तक आंधी और बारिश के आसार बने हुए हैं मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार पूर्वी मध्यप्रदेश से लेकर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक एक टर्फ लाईन गुजर रही है जिसका असर बिहार पर भी पड़ेगा उधर हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि अभी अरिरया और आस पास के इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में कोरोना के रिकार्ड मामले आने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके साथ ही अखबारों ने कई प्रमुख व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत की खबर को भी प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है मुख्य सचिव अरूण सिंह कोरोना से हारे जबकि दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का शीर्षक लगाया है संक्रमितों की सेवा में लगे स्वास्थ्यकर्मियों की मौत पर पारिवारिक पेंशन प्रभात खबर ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है केन्द्र सरकार सौ फीसदी वैक्सीन की खरीद खूद क्यों नहीं कर रही दैनिक भास्कर की सुर्खी है पटना में लग सकता है अगले सप्ताह से वीकेंड लॉकडाउन राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है दूसरी लहर राष्ट्रीय संकट दैनिक आज ने लिखा है स्कूल कॉलेजों में रोजाना पच्चीस प्रतिशत शिक्षक ही आयेंगे

पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और विधान पार्षद हरिनारायण चौधरी समेत एक सौ बावन लोगों की मौत